प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना वायरस का मुकाबला मज़बूती से कर रहा है

राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संगठित और संपूर्ण पहंच ने हालात को सही ांग से नियंत्रित करने में मदद की है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरी मज़बूती के साथ चल रही है और लोगों ने म्शकिलों का सामना करके देश को बचाया है उनहोंने लोगों से अपील की कि कोरोना के खिलाफ लड़ रहे योदवाओं डाक्टरों नर्सो सफाई कर्मियों और प्लिस कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए श्री मोदी ने अपील की कि अपने औदयोगिक और व्यापारिक उपक्रमों में काम करते कर्मियों के प्रति दया दिखाये और वित्तीय संकट के समय उन्हें नौकरी से न निकाले

उन्होंने कहा कि समय रहते लिये गये फैसलों के कारण हमारे देश की स्थिति विकसित देशों के मुकाबले कॉफी अच्छी है प्रधानमंत्री ने तालाबंदी को सफल बनाने के लिए नागरिकों दवारा दिखाये गये धैर्य और अन्शासन के लिए उनकी सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हॉट स्पॉट और कोन्टेनमेंट जोन पर कड़ी चौकसी बरतनी होगी

बढ़ाई गई तालाबंदी और छूट के बारे विस्तृत दिशा निर्देश कल जारी किये जायेंगे उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने कहा कि प्रधानमंत्री दवारा तालाबंदी की घोषणा लोगों के प्रति उनकी चिंताओं को दर्शाता है कई टवीट कर उन्होंने कहा कि तीन मई तक बढ़ी तालाबंदी के इच्छित नतीजों को सुनिश्चित करना लोगों के अपने हाथ में है उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से इस वायरस की च्नौती को हराने के लिए अपनी प्रतिबद्वता और मज़बूत करने की अपील की है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाम ने लोगों को आशवासन दिया है कि देश में खाद्य पदार्थो दवाओं और अन्य वस्त्ओं का पर्याप्त भंडार है उन्होंने कहा कि किसी को भी तालाबंदी की अवधि बढ़ाये जाने पर चिंता नहीं करनी चाहिए कई टवीट कर ग़हमंत्री समृद्व लोगों को अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंदो की मदद करने की भी अपील की राज्य सरकारों की भूमिका की प्रशास करते हये श्री शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार के साथ सभी राज्य सरकारें जिस तरह से काम कर रही है वह वास्तव में प्रंशसनीय है गृहंमंत्रीने कहा कि इस कोरोना वायरस खिलाफ लड़ाई में डाक्टरोंस्वास्थ्य कर्मचारियों सफाई कर्मचारियों प्लिस और स्रक्षा कर्मियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका हद्वयस्पर्शी है

उन्होंने कहा कि जहां पर कोरोना वायरस का प्रसार रूक जायेगा उन स्थानों पर मूल्यांकन के बाद तालाबंदी में क्छ शील दी जायेगी गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि देश में आवश्यक वस्त्ओं की पूर्ण आपूर्ति हो रही है

देशभर में राजधानी और शताब्दी सहित सभी यात्री रेल सवायें तीन मई तक स्थगित रहेंगी रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री द्वारा राष्टव्यापी तालाबंदी बांग्ने के बाद यह घोषणा की है तालाबंदी में वृदवि के कारण टिकटे रदद कराने की सुरत मे भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम प्रे पैसे वापस करेगा यात्रियों को ई टिक्टें रद्द कराने की जरूरत नहीं है

आकाश्वाणी से बातचीत में उनहोंने कहा कि प्रधानमंत्री दवारा घोषित आज दूसरी तालाबंदी के लिए राजय के डाक्टर शहरी स्थानीय निकाय विभाग और प्लिस पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि तालाबंदी को लेकर किसी भी तरह की पील नही बरती जायेगी प्लिस कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने बारे उन्होंने कहा कि प्लिस कर्मचारियों की मेडिकल जांच करवाने की योजना बनाई जा रही है

हरियाणा के ग़हमंत्री ने प्रधानमंत्री के सम्बोधन पर प्रतिक्रया देते हये कहा कि सही समय पर तालाबंदी का फैसला न लिया जाता तो एक अध्ययन के अन्सार देश में आज आठ लाख कोरोना संक्रमित मामले होते

भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि भिवानी जिले के गांव मानहेरू निवासी कोरोना संक्रमित निजाम्ददीन की रिपोर्ट नेगीटिव आई है जिसके बाद भिवानी में कोई भी कोरोना पोजिटिव मामला नहीं रहा उधर चरखी दादरी के गांव निवासी व्यक्ति की लगातार तीसरी रिपोर्ट भी नेगीटिव आई है सिरसा से हमारे संवाददाता ने सिविल सर्जन डॉ स्रेन्द्र नैन के हवाले से बताया कि नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन दो बच्चों ने कोरोना से जंग ली है उनकी रिपोर्ट लगातार दूसरी बार नेगीटिव आई है सिविल सर्जन उप सिविल सर्जन वीरेश भ्रषण और अन्य कर्मचारियों ने आज तालियां बजाकर दोनों बच्चों को उनके घर के लिए रवाना किया

श्री अहमद दवारा आज एम्ब्लेंस ब्लाकर सभी नागरिक अस्पताल पलवलमे जांच के लिए भिजवा दिया गया है

चंडीगढ़ प्रशासन के एक प्रवक्ता ने बताया कि नतीजे घोषित करने के मापदंड एक दो दिन में सभी सरकारी स्कूलों को भेज दिये जायेंगे

प्रवक्ता ने बताया कि यह परिणाम सम्बधित स्कूलों की वेबसाइट पर डाले जायेंगे

अभिभावको या छात्रों को परिणाम लेने के लिए स्कूल आने की जरूरत नहीं है वे पहले से जारी किये गये हैल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर सकते है प्रवक्ता ने बताया कि तालाबंदी के वृदवि और स्कूलों में गर्मी की छ्ट्टिया होने के कारण विद्यार्थी शिक्षा विभाग द्वारा श्रू की गई ऑन लाइन शिक्षा प्रणाली पर पढ़ाई जारी रख सकते है आज हरियाणा सहित देशभर में संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायाण आर्य ने आज राजभवन में भारत रतन डॉ भीम राव अम्बेडकर के चित्र पर प्ष्प अर्पित कर श्रद्वांजलि भैंट की उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को सदी का महान समाज स्धारक बताया हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज चंडीगढ़ में डॉ अम्बेडकर को प्ष्पांजलि अर्पित की